प्रदेश में विभिन्न आश्रय ग्रहों के संचालन के लिए हाल में चुने गये पचास एनजीओ का चयन रद्द कर दिया गया है समाज कल्याण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है विभाग अब सभी आश्रय गृहों का संचालन खुद करेगा निदेशक अतुल प्रसाद ने बताया कि इसके लिए एक कार्य योजना तैयार की गयी है उन्होंने बताया कि नब्बे दिनों के भीतर सभी आश्रय गृह विभाग के सीधे नियंत्रण में जायेंगे श्री प्रसाद ने बताया कि इसके लिए तीन सौ पदों का सृजन किया गया है मुख्य सचिव के निर्देश पर अधीक्षक सह अधीक्षक सहायक निरीक्षक मुख्य तथा सहायक रसोइया और गृह माता तथा गृह पिता के पद सुजित किये गये हैं सीबीआई उन सभी लोगों से पूछताछ करेगी जिससे मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की जेल से बात होती थी ब्रजेश ठाक्र के पास से जब्त मोबाईल फोन नम्बरों की सूची के आधार पर सीबीआई ने जांच के क्रम में पाया कि इनमें से कई लोगों से उसने जेल से बातचीत की है सबों की पहचान हो गयी है जिन लोगों के नम्बर इस सूची में दर्ज है उनसे पूछताछ के लिए जांच एजेंसी जल्द ही नोटिस जारी करेगी वहीं मामले की दो आरोपी महिलाओं को सरकारी गवाह बनाने की तैयारी भी चल रही है इधर सीबीआई पूर्व समाज कल्याण मंत्री दामोदर राउत के कार्यकाल की भी जांच करेगी दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ब्रजेश ठाकुर द्वारा संचालित अल्पावास गृह में रह रही एक बांग्लादेशी महिला ने बताया है कि आश्रय गृह में नेपाल भूटान और बांग्लादेश की कई महिलाओं को जबरन रखकर देह व्यापार करवाया जाता था पटना के आसरा गृह मामले में एसआईटी मनीषा दयाल के एनजीओ से जुड़े सदस्यों से पूछताछ करेगी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संस्था के अध्यक्ष और संचालन समिति के सदस्यों की मामले में भूमिका की जांच चल रही है इधर एसआईटी एकबार फिर पूछताछ के लिए मनीषा दयाल और चिरंतन कुमार को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है इधर मनीषा दयाल को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने के आरोपी समाज कल्याण विभाग के पूर्व निदेशक सुनील कुमार से पुलिस का अब तक संपर्क नहीं हो सका है उनका मोबाइल फोन स्वीच ऑफ आ रहा है प्रवर्तन निदेशालय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में हुए घोटाले के आरोपी और पटना के पूर्व जिलाधिकारी प्रदीप कुमार की दो करोड़ रूपये मूल्य की संपत्ति जब्त करेगा प्रदीप कुमार की देश के कई शहरों में अचल संपत्तियां हैं घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी की ओर से उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई को सक्षम प्राधिकार ने अपने आदेश में सही ठहराया है इस आदेश के बाद निदेशालय ने उनकी कोलकता रांची उदयपुर और बेंगलूरू में आवास और जमीन जब्त करने की तैयारी शुरू कर दी है कृषि विभाग ने तीन सौ पचास करोड़ रूपये की नयी योजनाओं को मंजूरी दी है ये सभी योजनाएं केन्द्र प्रायोजित हैं विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में इन योजनाओं को मंजूरी दी गयी इसके तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान सहकारी संस्थाओं के विस्तार और हरित क्रांति से जुड़ी कई योजनाओं के लिए राशि स्वीकृत की गयी है पटना हाईकोर्ट ने राज्य में शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत स्कूलों की मैपिंग और सर्वे नहीं कराने के मामले में राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है

पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये आज पटना में सर्व धर्म सभा का आयोजन किया जायेगा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय की अध्यक्षता में श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा समारोह में राज्यपाल सत्यपाल मलिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के उपसभापति हारूण रशीद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कई केन्द्रीय मंत्री और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे इससे पूर्व आज दोपहर एक बजे वाजपेयी जी का अस्थि कलश दिल्ली से पटना पहुंचेगा अस्थि कलश सभी जिला मुख्यालय ले जाया जायेगा और बाद में प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों में अटल जी की अस्थियां विसर्जित की जायेंगी भोजपुर जिले के बिहियां में एक छात्र की हत्या से आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल किया भीड़ ने ट्रनों पर भी पथराव किया और कई दुकानों तथा घरों में आग लगा दी इस दौरान एक महिला के साथ दुर्व्यवहार की बात भी सामने आयी है आक्रोशित भीड को काबू में करने के लिए पुलिस को छह चक्र हवाई फायरिंग करनी पड़ी रिथति अभी तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है पुलिस और प्रशासन के आलाधिकारी घटनास्थल पर कैम्प कर रहे हैं इधर इस मामले में आरा रेल थानाध्यक्ष और बिहिया के थानाध्यक्ष समेत आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम को अपराधियों ने मोबाइल पर मैसेज कर जान से मारने की धमकी दी है सांसद ने पटना के शास्त्रीनगर थाने में इस संबंध में आवेदन दिया है वहीं पटना के एक डाक्टर से भी अपराधियों ने फोन कर चार करोड़ रूपये रंगदारी की मांग की है इस संबंध में पाटलीपुत्र थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गयी है पुलिस मामले की जांच कर रही है बिहार लोक सेवा आयोग ने चौंसठवीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाईन पंजीकरण की अंतिम तिथि सत्ताईस अगस्त तक बढ़ा दी है वहीं शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख इकतीस अगस्त और ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि सात सितम्बर तक बढ़ा दी गयी है बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने मिथिला शाहाबाद और तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की प्रबंधकारिणी समिति के चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है मतदान ग्यारह सितम्बर को होगा इकतीस अगस्त को नामांकन एक सितम्बर को नामांकन पत्रों की जांच और चार सितम्बर को नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि निर्धारित की गयी है केन्द्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने पुलिस और अग्निशमन सेवा में चालक के पदों पर बहाली के लिए हुई लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है परीक्षा में तीस हजार उनचास परीक्षार्थी सफल हुए हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा का परिणाम इस महीने के अंत में और मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा का परिणाम सितम्बर महीने के पहले सप्ताह में जारी कर देगा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने यह जानकारी दी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के निर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यकाल भंग कर दिया गया है

प्रदेश के सरकारी स्कूलों का हर सप्ताह शिक्षा अधिकारियों की एक टीम औचक निरीक्षण करेगी मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया मौसम विभाग ने प्रदेश में चौबीस अगस्त से एकबार फिर मॉनसून के सक्रिय होने की संभावना जतायी है इससे पहले स्थानीय कारणों से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान भागलपुर बक्सर और सुपौल में सबसे अधिक छह छह मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गयी वहीं किशनगंज बांका गोपालगंज और बेतिया में चार चार मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी

गोवा में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार ने महाराष्ट्र को दो के मुकाबले एक गोल से पराजित कर अपने अभियान की शुरूआत की बिहार की ओर से कृष्णा कुमारी और पल्लवी गोस्वामी ने एक एक गोल किया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों की अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने आश्रय गृहों के संचालन के लिए चयनित गैर सरकारी संस्थाओं के चयन को रद्द करने संबंधी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है बिहार के पचास एनजीओ का चयन रद्द दैनिक जागरण की सुर्खी है भारत पाकिस्तान रिश्तों में आयी नयी सुगबुगाहट पीएम मोदी ने इमरान को भेजा बधाई पत्र दैनिक भास्कर ने एशियाई खेलों से जुड़ी खबरों को प्रमुखता देते हुए लिखा है महिला कृश्ती में भारत को पहला गोल्ड प्रभात खबर ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है आने वाले दस साल में बाढ़ से सोलह हजार मौत और सैंतालीस हजार करोड़ के नुकसान का अनुमान है राष्ट्रीय सहारा ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की याद में नई दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय प्रार्थना सभा की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है आज की सुर्खी है केरल की बाढ़ गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित